प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उड़ान जैसी सरकारी योजनाओं के माध्यम से हवाई यात्रा करना आसान और कम खर्चीला हुआ है श्री मोदी आज सिक्किम में पाक्योंग हवाई अड्डे को राष्ट्र को समर्पित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के सभी प्रयास कर रही है बाइट सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही हमारी सरकार क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने और पूर्वोत्तर और पूवी भारत को देश की ग्रोथ स्टोरी का इंजन बनाने के लिए हम पुरजोश मेहनत कर रही है हम इसके लिए प्रतिबद्ध है श्री मोदी कल विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का झारखंड रांची से श्रभारम्भ करने के बाद सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुंचे उप राष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू ने इसरो के वैज्ञानिकों से कहा है कि वे आम लोगों को ध्यान में रखते हुए सेटेलाइट डाटा उपलब्ध कराए और सुशासन के लिए नीतियां तैयार करने में मदद करें

उन्होंने वैज्ञानिकों से कहा कि वे आम लोगों खासतौर पर किसानों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करें उप राष्ट्रपति ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये इसरो की एंटार्कटिका टीम के वैज्ञानिकों से भी बातचीत की केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि केन्द्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाकर जनता से जुड़े हुए मुद्दों को हल करने में क्षेत्रीय परिषदों की महत्वपूर्ण भूमिका है श्री सिंह आज लखनऊ में मध्य क्षेत्रीय परिषद की इक्कीसवीं बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पिछले सवा चार वर्षो में सभी क्षेत्रीय परिषदों को सक्रिय बनाया गया है श्री सिंह ने बताया कि इस दौरान क्षेत्रीय परिषदों की कुल ग्यारह बैठकें हुई तथा स्थायी समिति की पन्द्रह बैठक आयोजित की गई उन्होंने बताया कि इस दौरान छह सौ अस्सो मामलों पर चर्चा की गई जिनमें से चार सौ अट्ठाईस मामलों को हल कर लिया गया चर्चा के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दे बुनियादी ढांचा चिकित्सा शिक्षा कृषि और सुरक्षा से संबंधित रहे मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने बताया कि आज की बैठक में कुल बाईस मुद्दों पर चर्चा हुई जिनमें से सत्रह मुद्दों का हल निकाल लिया गया तीन मुद्दों पर निर्देश जारी कर दिये गये हैं बाकी दो मुद्दे अगली बैठक में हल किये जायेंगे आज की बैठक में मुख्य रूप से सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वामपंथी उग्रवाद से निपटने की रणनीति पुलिस बल का आधुनिकीकरण हवाई अड्डों से संबंधित मामले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अनाज भंडारण न्यूनतम समर्थन मूल्य पुलिस कैडेट और विद्यालयों से जुड़े मामले रहे पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि कश्मीर की समस्या का हल हो रहा है तथा केन्द्र और राज्य के बल आपसी तालमेल के आधार पर काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि कश्मीर की समस्या पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा आलाद के स्पष्टीकरण के बाद राफेल लड़ाकू विमान के सौदे के मामले में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है

इसके उपरान्त गृहमंत्री ने गोमतीनगर रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यो का भी जायजा लिया उन्होंने बताया कि इस स्टेशन को आध्रनिक सुविधाओं से लैस आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित किया जायेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दो हजार चौदह में लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक बार फिर से स्वर्ण युग की शुरूआत हुई है उन्होंने कहा कि विश्व की तीन प्रगतिशील व्यवस्था वाले देशों में भारत का नाम सम्मिलित होना गौरव की बात है श्री योगी आज लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि क्छ लोग भ्रम का वातावरण बनाकर देश में अस्थिरता का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति या जाति तभी मजब्त होगी जब देश मजबूत होगा

श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान और गौरव पूरे विश्व में बढ़ा है उन्होंने कहा कि पहली बार डोकलाम मुद्दे पर चीन को करारा जवाब दिया गया देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है नक्सलवाद माओवाद और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है राज्यपाल राम नाईक ने कहा है कि देश के विकास में सिंधी समाज का महत्वपूर्ण योगदान है श्री नाईक आज लखनऊ में संत बाबा आसुदाराम साहेब के अट्ठानवें निर्वाण दिवस के अवसर पर आयोजित एक श्रद्वाजंलि कार्यक्रम में भाग ले रहे थे उन्होंने कहा कि संत बाबा आसुदाराम साहेब ने देश के लिये निस्वार्थभाव स मानव सेवा की तथा लोगों को समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति जागृत किया बाबा ने यह साबित कर दिया कि मनुष्य मानवीय गुणों से महान बनता है न कि जन्म और व्यवसाय से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

उच्चतम न्यायालय ने दाऊदी बोहरा मुसलमानों में अवयस्क लड़कियों की खतना करने की प्रथा को चुनौती देने वाली एक याचिका आज पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंप दी मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायाधीश ए एम खनविलकर तथा न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड़ की एक पीठ इस प्रथा को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी इस याचिका को दिल्ली के एक अधिवक्ता ने दायर किया है याचिका में कहा गया है कि अवयस्क लड़कियों का खतना करना गैरकानूनो है याचिका के अनुसार यह संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार समझौते तथा वैश्विक मानवाधिकार घोषणा के खिलाफ है जबकि भारत ने भी इस घोषणा पर हस्ताक्षर किये हैं इससे पहले दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के एक समूह ने शीर्ष न्यायालय के समक्ष कहा था कि यह प्रथा इस्लाम के कुछ संप्रदायों में लागू होती है जिनमें दाऊदी बोहरा समुदाय भी शामिल है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत को गरीबों के लिए बड़ी सौगात बताते हुए कहा है कि यह पहल दो हजार बाईस के न्यू इंडिया का आधार साबित होगी श्रीमती पटेल कल वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी

उन्होंने बताया कि बीमा की सालाना रकम पांच लाख रूपये है जिसमें केन्द्र और राज्य सरकार क्रमशः साठ और चालीस फीसदी के हिसाब से वहन करेंगे इस अवसर पर उन्होंने लाभार्थियों को स्वास्थ्य कार्ड भी वितरित किये

ज्ञापन में मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा गया कि चिकित्सा स्वास्थ्य की सेवाएं सुचारू रूप से प्रदान करने में राजकीय चिकित्सक आर चिकित्साकर्मी उपलब्ध संसाधनों के सापेक्ष बहुत अधिक कार्यभार का सम्पादन कर रहे है

राज्य के अधिकांश हिस्सों में हो रही वर्षा जहां कृषि के लिए लाभदायक सिद्ध हो रही है वहीं कई क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा से फसलों को नुकसान पहुंचा है सहारनपुर में पिछले बारह घंटों से हो रही मूसलाधार वर्षा से धान की फसल को भारी क्षति पहुंची है

उन्होंने कहा कि यदि वर्षा इसी प्रकार जारी रही तो फसलों को पच्चीस प्रतिशत तक नुकसान पहुंच सकता है उन्होंने बताया कि गन्ने की बुआई पर भी इसका प्रतिकूल असर होगा प्रदेश में फिरोजाबाद अमरोहा मेरठ संभल सहित कई स्थानों पर वर्षा का क्रम जारी है मौसम विभाग ने मेरठ बिजनौर गाजियाबाद मथुरा बाराबंकी सीतापुर तथा अमेठी जनपदों और आसपास के क्षेत्रों में आज तेज वर्षा होने की चेतावनी जारी की